इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चो होने कीँ संभावना है साथ ही इस सम्भेलन से दोनों देशों को आपसी संबंधों को मजबूत करने का अच्छा अवसर मिलेगा

इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम कृषि और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से नाफेड और एपीडा जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहा है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि ये मेला भारतीय सहकारी उत्पादों के निर्यात संवर्द्वन का एक प्रमुख मंच बनेगा

कल जोधपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि इसके लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी है

समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया उसी का परिणाम है कि आज समाज में शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हुए श्री गहलोत जोधपुर के महामंदिर में माली संस्थान के छात्रवृति वितरण और प्रतिभा सम्मान सम्मारोह में बोल रहे थे श्री गहलोत ने माली संस्थान द्वारा प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ने का उचित अवसर देने के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान अच्छा कार्य कर रहा है

जिला कलेक्टर के के शर्मा ने कर्फ़यू के आदेश जारी करते हुए इंटरनेट सेवाओं पर भी अगले दो दिनों तक रोक लगा दी है

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और लोगों से जानकारी ली पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं पचपदरा पुलिस थाने में नया स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है

अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के रोगी सामने आने लगे है

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोगियों को चिन्हित करने के लिए दल भेजकर संबंधित एरिया में सर्वे कराया जा रहा है